कृषि मंत्री बादल ने कहा राज्य सरकार सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य करायेगी उपलब्ध

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का तोहफा खेलो इंडिया नेषनल कोचिंग कैंप के लिए झारखंड की तीन महिला हॉकी खिलाड़ियों का हुआ चयन आज जनऔषधि दिवस है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है

उन्होंने बताया कि झारखंड की भौगोलिक और खेती की परिस्थितियां भिन्न है यहां ईख की जगह सब्जी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य लागू करने को लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष भाव से जल्द से जल्द विरोधी दल के नेता के रुप में बाबूलाल मरांडी को मान्यता दे देनी चाहिए क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने भी झाविमो के भाजपा में विलय पर मुहर लगा दी है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी और जल्द ही प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया जाएगा संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबंद्व है गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने कहा कि सरकार गांव से जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सभी सड़कों का नवीनीकरण करायेगी

खेललकद एवं युवा कार्य निदेशालय की ओर से राज्य के सभी जिलों के खेल पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सभी आवासीय तथा डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है

महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं पष्चिमी सिंहभूम जिले के सुद्रवर्ती आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत चारबंदिया गांव में दीदी बैंक चलाने वाली महिलाओं ने दूसरी महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने का उदाहरण सिखाया है

इधर हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में महिला शिक्षिका एवं छात्राओं को विभिन्न कार्यक्रमों में बेहतर उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया झारखंड की तीन महिला हॉकी खिलाडियों का चयन खेलों इंडिया नेषनल कोचिंग के लिए हुआ है नौ मार्च दो अप्रैल तक नेषनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी साई बेंगलुरू में आयोजित खेलो इंडिया नेषनल कोंचिग कैम्प के लिए राज्य की संगीता कुमार सुषमा कुमारी और व्यूटी डुंगडुंग का चयन हुआ है राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न जिलों में आज रूक रूक हई लगातार बारिष से सामान्य जनजीवन और होली का बाजार प्रभावित हुआ है मौसम पूर्वानुमान में होली के दिन दस मार्च को भी बारिष की संभावना जतायी गयी है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिलाओं के जीवनचक्र में निवेश अर्थव्यवस्था में निवेश है आज नई दिल्ली में दक्षिण एशिया में मीडिया में महिलाओं पर स्थिति रिपोर्ट जारी करते हुए स्मृति ईरानी ने इस बात पर अफसोस बताया कि मीडिया में केवल एक दशमलव नौ प्रतिशत महिलाएं सालाना बोनस की हकदार हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कल रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन परिचालन की जिम्मेवारी पूरी तरह से महिलाएं ही संभालेंगी

समाप्त